मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

जयपूर जोधपूर कोटा बीकानेर उदयपूर अजमेर अलवर और भीलवाडा जिला मुख्यालयों पर बाजार रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल और अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम सात बजे तक ही खूले रहेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने को उपायों पर मंथन हुआ

सक्रिय मरीजों की संख्या इक्कीस हजार नौ सौ इक्यावन है इस बीच प्रदेश में कल कोरोना के रिकॉर्ड मरीजों की प्रष्टि हुई ये संख्या तीन हजार से ऊपर पहुंच गई

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से ये इंस्टॉलेशन किया गया है सम्पर्क ब्यूरो की निदेशक ऋत् शुक्ला ने बताया कि इस प्रकार के विशाल मास्क इंस्टॉलेशन आर्ट राजधानी के कई स्थानों पर किये गये हैं लोगों में मास्क लगाने को लेकर जागरुकता आए और दो गज़ की दूरी का महत्व समझें

मौसम विभाग के अनुसार कल माउंट आबू में पारा जमाव बिन्दू के पास एक डिग्री सैल्सियस पर पहुंच गया जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में भी कल मौसम का सबसे सर्द दिन रहा